एक्जिट पोल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बना सस्पेंस एक्जिट पोल तक भी जारी है सात अलग अलग चैनलों द्वारा कराये गये एक्जिट पोल का औसत निकाले तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनो ही बहमत के आंकड़े से दूर नजर आ रहे हैं

बहुजन समाजवादी पार्टी दो सीट जीत सकती है जबकि बाकी सीटें अन्य खाते में जायेंगी इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मध्यप्रदेश की ही तरह के नतीजे नजर आ रहे हैं

अजीत जोगी और बसपा को पांच सीटें मिल सकती हैं

ईवीएम उच्च न्यायालय ने ईवीएम कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस द्वारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया है न्यायालय ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात से इंकार करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया है न्यायमूर्ति एसकेसेठ और न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांगरूम में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है न्यायालय ईवीएम की सुरक्षा को लेकर की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट है इसलिए न्यायालय इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगा राजस्थान चुनाव राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कल शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ

राजधानी भोपाल में पुरानी केन्द्रीय जेल में मतगणना की जायेगी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाडे ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा का पृथक मतगणना हॉल निर्धारित किया गया है जहाँ पर आयोग के निर्देशानुसार पोस्टल बैलट के साथ ईवीएम के मतों की गणना भी की जाएगी प्रत्येक विधानसभा हॉल में दो दो कंप्यूटर सेट प्रिंटर ब्रॉड बैंड कनेक्शन फोटोकॉपी मशीन फैक्स मशीन एसटीडी टेलीफोन तथा राउंड वार परिणाम घोषित करने की व्यवस्था की गई है इंदौर में भी मतगणना के तैयारियां कर ली गई है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत बरबड़े ने अभ्यर्थियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतगणना संबंधी जानकारी दी श्री वरवड़े ने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतगणना संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है वहीं देवास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल यहां मतगणना से जुड़े अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत पाण्डे ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को सावधानीपूर्वक मतगणना का कार्य करें

इनमें दीवानी और आपराधिक मामलों सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिविल विद्युत अधिनियम श्रम मोटर दुर्घटना दावा कुटुम्ब न्यायालय ग्राम न्यायालय राजस्व उपभोक्ता फोरम आदी प्रकरणों और आवेदन का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा

जेटली वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को औपचारिक शक्ल देने में सफलता मिली है और कर आधार में बढ़ोतरी हुई

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष में यह संख्या दोगुनी होकर लगभग सात करोड़ साठ लाख हो जायेगी राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि समर्थवान को जरूरतमंद की मदद करना चाहिये इसी भावना के साथ बड़े स्कूल छोटे स्कूलों की मदद करें और गरीब बच्चों को आगे लाने का प्रयास करें उन्होंने कल भोपाल में एक स्कूल के वार्षिक समारोह में कहा कि अगर लोग अपने जन्म दिन पर स्कूलों में जाकर बच्चों को फल मिठाई आदि वितरित करेंगे तो बच्चे तो ख्रश होंगे ही उन्हें भी आत्म संतुष्टि भी मिलेगी इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों और संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये निलंबन अशोकनगर जिले में कार्य में लापरवाही बरतने मामले में जहां दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया वहीं एक रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के निर्देश के साथ दस रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किये गये है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कटेसरिया ने ग्रामीण विकास से संबंधित योजना की समीक्षा दौरान पंचायतवार योजनाओं की समीक्षा की और पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों से जानकारी ली उन्होंने कार्यो के संतोषजनक न पाये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए लंबित कार्यो को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिये

इस सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र क्मार जैन आयोग के सदस्य द्वय मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे इस सुनवाई में जिले का कोई भी पीडित व्यक्ति आवेदन दे सकेगा वन खेलकूद प्रतियोगिता वन विभााग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने कल राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया

श्री सिंह ने खिलाड़ियों को रायपुर प्रतियोगिता के लिये शुभकामनाएँ देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा

इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में ओवरऑल चैम्पियन का खिताब जीतकर ट्राफी पर कब्जा किया